प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन देश के विकास विश्वास और बड़े परिर्वतनों के हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हर तरह की चूनौती से निपटने का रास्ता निकाला है बाईट बीते सौ दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो

जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो

श्री नरेन्द मोदी ने कहा कि सरकार ने इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के हाल के सत्र में सर्वाधिक विधेयक पारित किए गए

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के सौ दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया श्री जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और उल्लेखनीय निर्णय लिये है जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए थे

वहीं सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन और महिलाओं के लिए सामान वेतन सुनिश्चित किया है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि मत्स्य पालन जैसे परम्परागत उद्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा समेत अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं को भी किसानों के कल्याण में लगाया जायेगा इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शामिल किया जायेगा उन्होंने कहा कि देश के सभी ग्राम पंचायतों के ताल तलैया पोखर और झील जैसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाश्यों का उपयोग मछली पालन में किया जायेगा वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अन्तर्गत शिवकुमारपुर दियारा में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने मामले की पुष्टि करते हुये बताया कि जमीन विवाद सुलझाने के लिए हो रही मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चलने लगी जिसमें तीन लोगों की मौत और बारह से अधिक लोग घायल हो गये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने पुलिसकर्मियों से संबंधित वर्षों से लंबित मामलों को इस वर्ष दिसम्बर तक निपटारे के निर्देश दिये हैं प्रलिस महकमे में तिरपन सौ से अधिक विभागीय कार्रवाई और लगभग बारह सौ मामले जांच के लिए लंबित है इसमें सर्वाधिक तेईस सौ मामले पटना जिले के हैं लंबित मामलों में दूसरे नम्बर पर सारण तीसरे पर समस्तीपुर जबकि चौथे नम्बर पर मुजफ्फरपुर जिला है पटना उच्च न्यायालय ने शरीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने पर शिक्षा विभाग की ओर से लगायी रोक को निरस्त करते कर दिया है अदालत ने चार महीनों के भीतर प्रारंभिक विद्यालयों में पदस्थापित शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया है न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने एक सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी गन्ना उद्योग मंत्री बीमा भारती ने कहा है कि राज्य के सभी चीनी मिल प्रबंधन किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान तीस सितम्बर तक कर दे उन्होंने चीनी मिल प्रबंधनों को सख्त हिदायत देते हुये कहा कि इस अवधि में भूगतान नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी श्रीमती भारती ने कहा कि नये सत्र में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है भारतीय रिजर्व बैंक ने द्रष्टि बाधित लोगों को करेंसी नोट की पहचान करने में मदद के लिए मोबाईल एप बनाने के लिए कम्पनी का चयन किया है नोट को पहचानने में मदद के लिए इंटाग्लियो प्रिंटिंग आधारित पहचान दिये गये हैं यह चिन्ह सौ रूपये और उससे ऊपर के नोट में है इसके लिए नोट को फोन के कैमरे के सामने रख कर इसकी तस्वीर खींचनी होगी गौरतलब है कि देश में दृष्टि बाधित की संख्या लगभग अस्सी लाख है प्रद्षण जांच के लिये लोगों की भीड़ को देखते हुये पटना सहित पूरे प्रदेश में एक सौ पचास से अधिक वाहन प्रद्षण जांच केन्द्र खोले जायेंगे परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी पेट्रोल पंप और ऑटामोबाईल कम्पनियों के सर्विस सेंटर में भी प्रद्षण जांच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है जिस पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर पर प्रद्षण जांच केन्द्र नहीं होगा उन्हें नोटिस जारी किया जायेगा इसके अलावा राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक जांच केन्द्र खोले जायेंगे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला की जंग में हुई शहादत की याद में मनाये जाने वाले मुहर्रम की आज नवमी है कल दसवीं के दिन विभिन्न स्थानों पर ताज़िया और सिपहर ज़ुलूस निकाला जायेगा इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर मातमी जुलूस निकाला गया मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इतजाम किये गये हैं कटिहार में सम्पन्न राज्यस्तरीय सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना की टीम ने लगातार तीसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनी है

भागलपुर जिले में जगदीशपूर थाना क्षेत्र के चांदपूर गांव के पास वज्रपात की घटना में एक वृद्ध की झुलसकर मौत हो गई पश्चिम चम्पारण जिले में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी के जवानों ने गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले में पसराहा थाना क्षेत्र के पितरौजा ढाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस पर पुलिस ने एक पिकअप वैन से बारह कार्टन विदेशी शराब बरामद की है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 चंद्रयान दो के बारे में हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है इसरो ने कहा थर्मल इमेज से जगह का पता चला चांद पर विक्रम मिला सम्पर्क की कोशिश दैनिक जागरण की सुर्खी है स्विट्जरलैंड ने सौंपी भारतीयों के खातों से जुड़े जानकारी प्रभात खबर का शीर्षक है नौवीं और दसवीं की सेकेंड टर्मिनल परीक्षा चौबीस से नये मोटर वाहन कानून के तहत चलाये जा रहे विशेष जांच अभियान की खबरों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है पन्द्रह सौ गाड़ियों की जांच दो सौ पचास से आठ लाख जुर्माना वसूले